डुन्वैस्टर मीट वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि धर्मशाला में होने वाली इन्वैस्टर मीट प्रदेश में आर्थिक विकास व सामाजिक खुशहाली लाएगी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सहयोग से राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पहली बार इतना बड़ा आयोजन हो रहा है

इसके अलावा ये इकाईयां मेक इन हिमाचल के नारे को साकार करते हुए प्रदेश के उत्पादों का विदेशी व्यापार में हिस्सा बढ़ाएंगे सत्ती प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने इन्वैस्टर मीट पर कांग्रेस की बयानबाजी को जनता को गुमराह करने का प्रयास बताया है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता इस आयोजन को पैसों की बर्बादी बता रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है सत्ती ने कहा कि राज्य में निवेश आने से हिमाचल आर्थिक तौर पर मजबूत होगा और लाखों परिवार रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने वर्तमान कार्यकाल में ऐतिहासिक कार्य किए हैं जिसके चलते हिमाचल तीव्र गति से विकास कर कर रहा है

थानाकलां में एक बैठक में ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने निर्धारित समय में योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सिंचाई सुविधाओं को सुदृढ़ करने कृषि गतिविधियों में विविधिता लाने और किसानों की आय बढ़ाने के उददेश्य से अनेक कदम उठाए हैं इस बीच वीरेन्द्र कंवर ने ऊना के अप्पर बसाल में पशुपालकों के लिए आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता भी की उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि पालमपुर नगर पालिका को जल्द ही नगर निगम का दर्जा दिया जाएगा नगरोटा बगंवा स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के एक समारोह में आज उन्होंने कहा कि पालमपुर मे नगर निगम बनने से जहां स्थानीय लोगों की चिरलंबित मांग पूरी होगी वहीं क्षेत्र का आधुनिक तकनीक से विकास संभव होगा सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं

इसका उददेश्य जन सहयोग से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देना रहा इस दौरान विभिन्न स्थानों पर कार्यशालाएं आयोजित कर कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई भारत संचार निगम लिमिटेड के प्रदेश परिमंडल ने शिमला में जागरूकता सप्ताह मनाया इस दौरान हुई प्रश्नमंच प्रतियोगिता के विजेताओं को निगम के मुख्य महाप्रबंधक प्रमोद कुमार जैन ने सम्मानित किया बिलासपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने रिश्वत न लेने की शपथ ली मण्डी जिले के कठियार में पंजाब नैशनल बैंक ने भी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया

इसके तहत सरकारी कार्यालयों और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से व्यापक जन जागरूकता अभियान का आयोजन होगा धर्मशाला में एक बैठक में एसडीएम हरीश गज्जू ने बताया कि अभियान की शुरूआत प्रभात फेरी शपथ व योग शिविर कार्यक्रम के साथ की जाएगी

हिम ऊर्जा हिम ऊर्जा ने प्रदेश की जनता को कुछ निजी कंपनियों द्वारा सोलर गीजर लगाने के लिए सब्सिडी के नाम पर किए जा रहे दुष्प्रचार से सावधान रहने की अपील की है हिम ऊर्जा के एक प्रवक्ता के अनुसार निगम ने केवल तीन कंपनियों को ही सब्सिडी के लिए अधिकृत किया है

योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यान्वयन को लेकर राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने आज चंबा के उपायुक्त विवेक भाटिया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दिए बाद में उपायुक्त ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से योजना को और दक्षतापूर्ण तरीके से लागू करने पर चर्चा की अन्राग ठाक्र केंद्रीय वित्त व कारपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल को धार्मिक पर्यटन के साथ साथ खेल पर्यटन के लिए भीव विश्व प्रसिद्व बनाने पर बल दिया है कांगड़ा जिले के ढलियारा महाविद्यालय में आज इंटर कॉलेज फुटबॉल ट्र्नमेंट के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि इससे राज्य के लाखों लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिल सकेंगे अनुराग ठाक्र ने सरकार स्वयं सेवी सगंठनों और खेल संघों से इस बदलाव के लिए आगे आने का आहवान किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देखे गए फिट इंडिया के सपने को आज की युवा पीढ़ी को पूरा करना है उन्होंने खिलाड़ियों से स्वास्थ्य और फिटनेस के अम्बेस्डर के रूप में आगे बढ़ने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का अवसर देने के लिए प्रदेश में सरकार के माध्यम से अधिक से अधिक खेल मेदानों की व्यवस्था करने की जरूरत है उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर भी इस दौरान मौजूद रहे इससे पूर्व अनुराग ठाकुर ने राजकीय विद्यालय घेड़ मानघड़ के नए भवन का उद्घाटन भी किया दिव्यांग मण्डी जिले में दिव्यांगजनों को जल्द ही यूनिक आईडी कार्ड जारी किए जाएंगे इसके लिए उपायुक्त ऋग्वेद ठाक्र ने अधिकारियों को आवेदन का कार्य एक माह में पूरा करने के निर्देश दिए हैं

उन्होंने कहा कि यूनिक कार्ड दिव्यांगजनों को विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहचान व सत्यापन का एकल दस्तावेज होगा नियुक्ति प्रदेश कांग्रेस सोशल मीडिया के चेयरमैन अभिषेक राणा ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में संयोजकों व सह संयोजकों की नियुक्ति की है उन्होंने कहा कि ये नियुक्तियां हाईकमान की स्वीकृति के बाद की गई हैं उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की नियुक्ति प्रकिया भी शुरू कर दी जाएगी

समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने इस उत्सव को और अधिक व्यवसायिक रूप देने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि इससे जिले के लोगों को अपने उत्पाद बेचने के लिए उच्च स्तर पर मंच उपलब्ध होगा राजीव बिंदल ने कहा कि ये उत्सव न केवल धार्मिक सांस्कृतिक व पारंपरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य भी करता है उन्होंने कहा कि सरकार मेलों व त्यौहारों को प्रोत्साहन दी रही है ताकि प्रदेश की समृद्ध संस्कृति का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके मौसम प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ने करवट ली है और बीती रात से उंचाई वाले इलाकों में हल्का हिमपात हो रहा है मौसम में आए इस बदलाव से जनजातीय इलाकों में ठंड का दौर बढ़ गया है केलंग से हमारे प्रतिनिधि के अनुसार रोहतांग व कुंजुम दरों सहित लाहौल स्पिति के उंचाई वाले सभी इलाकों में हल्का हिमपात हुआ है इस बर्फबारी के बाद ठंड से बचने के लिए घाटी के लोगों को तंदूर व हीटर का सहारा लेना पड़ रहा है

खेल राजधानी शिमला के इंदिरा गांधी खेल परिसर में प्रैस क्लब द्वारा आयोजित दो दिवसीय इंडोर खेल प्रतियोगिता आज शुरू हुई इस अवसर पर उपायुक्त अमित कश्यप ने कहा कि प्रैस क्लब पिछले वर्ष की तरह इस बार भी खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया है जो सराहनीय है खेल गतिविधियों में टेबल टेनिस बैडमिंटन और वॉलीबॉल स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं